त् मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नेषनल हाईवे पर हर बीस किलोमीटर के अंतराल पर सामुदायिक किचन खोलने का दिया निर्देष

यह सारी छूट कंटेनमेंट जोन से बाहर ही दी जायेगी कल रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी घोषणा की श्री सोरेन ने कल लॉकडाउन के चौथे चरण में दी जाने वाली छट को लेकर राज्य के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की

साथ ही हार्डवेयर और निर्माण कार्य से जुड़ी दुकानें किताब और स्टेषनरी की दुकानें भी खुलेंगी खुदरा षराब की दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी गई है इसके अलावा निजी कार्यालय में भी काम करने की छूट दे दी गई है नगर निगम क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में मोबाईल घड़िया उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक्स के सर्विसिंग सेंटर भी खुल जायेंगे

कल लातेहार से दो गुमला गिरिडीह गढ़वा जमशेदपुर चाईबासा और हजारीबाग के एक एक संदिग्ध की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है

वहीं राज्य में अब कोरोना संक्रमित जिलों में पश्चिमी सिंहभूम व गुमला भी षामिल हो गया है दूसरी तरफ गोड़डा फिर से ग्रीन जोन में षामिल हो गया है साथ ही पलामू में पांच कोरोना मरीज स्वस्थ होकर घर लौट गए है

प्रत्येक एक लाख की आबादी पर भारत में संक्रमित लोगों की संख्या करीब सात दशमलव एक है जबकि विश्व में एक लाख की आबादी पर लगभग साठ लोग संक्रमित हैं

चौथे चरण में पिछले चरणों के मुकाबले कई और रियायतें दी गयी हैं केन्द्र ने राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को रेड ऑरेंज और ग्रीन जोन निर्धारित करने की अनुमति दी है राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मानकों के अनुसार जिला सब डिवीजन या नगर पालिकाओं को इन तीन अलग अलग जोन में बांट सकेंगे

हालांकि गृह मंत्रालय द्वारा स्वीकृत उड़ान संचालन जैसे कि वंदे भारत मिशन परस्पर रूप से संचालित किए जा सकेंगे श्रमिक स्पेशल अन्य विशेष ट्रेन पार्सल और मालगाड़ियों को छोड़कर रेलवे की अन्य यात्री सेवाएं भी अभी स्थगित रहेंगी

प्रवासी मजदूरों के झारखंड लौटने को लेकर इस संबंध में फैसला लिया गया है मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान प्रवासी मजदूर अपने राज्य लौट रहे हैं कई मजदूर पैदल चल रहे हैं इसी के तहत प्रषासन को निर्देष दिया गया है कि एनएच पर सामुदायिक किचन चलाया जाए जिससे राहगिरों को भोजन व पानी मिल सके साथ ही वे थोडी देर विश्राम कर सकें

प्रयोगशाला में संक्रमण की पृष्टि वाले मरीजों के सम्पर्क में आए और संक्रमण के लक्षण वाले सभी व्यक्तियों की भी जांच की जाएगी

गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अब तक छह उडाने निर्धारित की गई हैं

प्रधानमंत्री ने इस कड़ी के लिए लोगों से विषय सुझाने को कहा है

बोर्ड ने उत्तर पूर्वी दिल्ली की कक्षा देस की बोर्ड परीक्षा की पुनर्निर्धारित तिथियां भी घोषित कर दी हैं परीक्षाएं आगामी एक से पन्द्रह जुलाई के बीच कराई जाएगी सीबीएसई ने परीक्षा देने वाले सभी छात्रों के लिए निर्देश जारी करते हुए कहा है कि वे सभी परीक्षा के दौरान व्यक्तिगत दूरी बनाए रखने के साथ ही मास्क पहनेंगे और ॅअपने पास सेनेटाइजर रखेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल इससे निपटने के उपायों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की प्रधानमंत्री ने स्थिति का जायजा लिया और तूफान से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की इस दौरान राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल एनडीआरएफ ने तूफान की आशंका वाले क्षेत्रों से लोगों को निकालने की योजना के बारे में प्रस्तुति भी दी

सुपर साइक्लोन अम्फन बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी मध्य और आसपास के दक्षिणी मध्य क्षेत्र से होता हआ उत्तर की ओर बढ गया है तुफान पिछले छह घंटे से सात किलोमीटर प्रतिघंटे की गति से आगे बढ़ा है तुफान कल दोपहर बंगाल की खाड़ी से पश्चिमी मध्य और आसपास के दक्षिणी मध्य क्षेत्र में केंद्रित था कुछ समय बाद इसके उत्तर की ओर बढ़ने की पूरी आषंका है

तफान के कारण तटीय ओडिशा के कई क्षेत्रों में हल्की से सामान्य वर्षा हो सकती है जबकि कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की आशंका है पश्चिम बंगाल के गांगेय तटीय जिलों में कल कई स्थानों पर हल्की से सामान्य और कहीं कहीं बहत तेज बारिश हो सकती है झारखंड के छह जिलो समेत बिहार के क्छ हिस्सों में भी तेज हवाएं चलने और बारिष की आषंका जताई गई है मौसम विभाग इस पर विषेष नजर रख रहा है

सभी की जांच की गई इसके बाद छह मजदूरों को होम क्वारंटाईन किया गया षेष सभी मजदूरों को सरकारी क्वारंटाईन में रखा गया है

प्रषासन के द्वारा इनका स्वागत किया गया और इनकी जांच की गई